न्यायालय ने कहा कि पुनर्विचार याचिकायें सुनवाई योग्य नहीं है तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि इस सम्बध में प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत है

न्यायालय ने दायर पुनर्विचार याचिकाओं में पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों यशंवत सिन्हा और अरूण शौरी एवं अविवक्ता प्रशांत भूष्ण की याचिकायों भी शामिल है याचिका में आरोप लगाया गया है कि रफाल सौदे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया है इसलिए इसकी आपराधिक जांच हो केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हये कहा कि एनडीए सरकार अपने निर्णय पर अटल है उन्होंने कहा कि रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा का कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए रक्षा मंत्री ने कहा कि रफाल मामले में भ्रष्टाचार नहीं था बल्कि क्छ नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और एनडीए सरकार की साफ और ईमानदार छवि को घूमिल करने का प्रयास था भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के र फाल मामले बारे आये फैसले के मददेनज़र कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए नई दिल्ली में मीडियां से बातचीत करते हये केन्दीरय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि राहल गांधी ने जानबुझ कर उच्चतम न्यायालय का गलत हवाला दिया और चौकीदार की अपनी टिप्पणी को उच्चतम न्यायालय के साथ जोड़ दिया पार्टी प्रवक्ता जी वी एल निरसिम्हा राव ने कहा है कि ये याचिकायें राजनीति से प्रेरित थी और बीजेपी व एनडीए सरकार की छवि का खराब करने के लिये थी उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्नर्विचार याचिकाओं को रदद करके रफाल सौदे को क्लीन चिट दे दी है हरियाणा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया गया है चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल में दस और मंत्रियों को शामिल किया गया जिनमें से छ मंत्रियों को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया गया है जबकि चार विधायकों को राज्यमंत्री बनाया गया है राज्यमंत्रियों के पास विभाग का स्वतंत्रा प्रभार रहेगा संवाददाता ने बताया कि आज मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के आठ जन नायक जनता पार्टी के एक एक निर्दलीय को जगह दी गई हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंत्रियों को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में पद और गोपनियता की शपथ दिलाई पूर्व मंत्री और अम्बाला छावनी से विधायक अनिल विज हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कंवरपाल ग्र्जर बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा रानिया से निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह लोहारू से विधायक जय प्रकाश दलाल बावल से विधायक बनवारी लाल को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई जबकि नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव कलायत से विधायक कमलेश आंडा उकलाना से विधायक अनून धानक और पिहोवा व पूर्व हाकी कप्तान संदीप सिंह को राज्यमंत्री बनाया गया है मंत्रिमंडल में फिलहाल कमलेश आंडा ही एक महिला मंत्री होंगी फरीदाबाद और सिरसा से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि बल्लभगढ़ और रानिया के विधायकों को मंत्री पद मिलने पर इलाके में ख्शी की लहर है

भूमि पूजन के बाद डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि यह विश्राम सदन लगभग दो वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा उन्होंने कहा कि विश्राम सदन बन जाने के बाद कैंसर मरीजों की ठहरने मे कोई परेशानी नहीं होगी

इस वर्ष मेले का विष्य वस्तु है सगुमता के साथ व्यापार केन्द्रीय सुक्षम लघ् और मध्यम उदयोग मंत्री नितिन गडकरी ने व्यापार मेले का उदघाटन किया उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूल्न के लिए रोज़गार के अधिक अवसर बढ़ाये जाने की जरूरत है ये मेला पहले पांच दिन व्यावसायियों के लिये होगा

मेले का समय सुबह साढ़े नौ बजे से शाम साढ़े सात बजे तक है

प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को आज उनकी प्ण्यतिथि पर याद किया इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बच्चों और य्वा प्रवर्तकों से मुलाकात की

उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रदवाजंलि अर्पित की और इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को बाल दिवस की भी बधाई दी श्री नायडू ने लोगों से प्रतिज्ञा लेने की अपील की ताकि प्रत्येक बच्चो को अच्छी शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उचित माहौल मिले एक टवीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पंडित जवाहर लाल नेहरू को श्रदवाजंलि अर्पित की विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रम्ख नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भी नई दिल्ली स्थित पंडित नेहरू की सुमाधि शांतिवन पर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये आज पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैजला ने पर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को श्रदवाजंलि अर्पित की पंचकला में आयोजित कार्यक्रम में उनहोंने कहा कि पंडित नेहरू ने अपने सारे जीवन में जो ज्ञान प्राप्त किया उसे अपनी भावी पीढ़ी तक पहंचाने का काम भी किया उधर बाल विकास के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष जान चंद ग्र्प्ता ने जैनेंद्रा स्कूल में बच्चों को सम्बोधित किया

भिवानी सिरसा और यम्नानगर से भी बाल दिवस की खबरे मिली है

आज विश्व मध्मेह दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा में इस रोक के बारे जागरूकता लाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जींद के जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में चिकिक्सकों ने लोगों को मध्मेह से बचाव और इसके लक्षणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी